और राज्य में छह नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दो एक के बहुमत से फैसले में आज कहा कि इस मामले में उन्नीस सौ चौरानवे का फैसला बरकरार रहेगा अदालत ने इस मामले पर विचार के लिये बड़ी खंडपीठ के पास भेजने से इंकार कर दिया गौरतलब है कि उन्नीस सौ चौरानवे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अगर चाहे तो अयोध्या में जिस हिस्से पर मस्जिद है उसे अपने कब्जे में ले सकती है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अयोध्या विवाद पर होने वाले निर्णय पर पिछले फैसलों का असर नहीं होगा खंडपीठ ने कहा कि अब नई पीठ उनतीस अक्टूबर से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पथ निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री और राजद विधायक इलियास हुसैन को चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है विशेष अदालत ने इलियास हुसैन पर चार लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है